प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को नए भारत का क्रान्तिकारी कदम बताया

त्यौहार के सीजन में कीमतों में भारी छूट पर उच्च न्यायालय का फिलपकार्ट अमेजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज संचिवालय स्थित गांधी की प्रतिमा पर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में भाग लिया इसके बाद श्री गहलोत ने जयपूर के गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी के मूर्ति स्थल पर कार्यक्रम में भी भाग लिया दोपहर में सेन्ट्रल पार्क में गांधी उत्सव का शुभारम्भ होगा और शाम को सेन्ट्रल पार्क में ही उस्ताद अमजद अली खान और सुनन्दा शर्मा भजन और सरोद वादन प्रस्तुत करेंगे

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने हाईकोर्ट परिसर में इसकी शुरूआत की राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर की ओर से आज जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में खादी मेले का उदघाटन किया जायेगा

जयपुर के बिडला सभागार में खादी परिधानों की प्रदर्शनी और कताई बुनाई का प्रदर्शन किया जायेगा तथा दोपहर बाद खादी संगोष्ठी आयोजित की जायेगी

इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ब्लड बैंक में आज जरूरतमंद मरीजों को बिना प्रोसेसिंग शुल्क और बिना रिप्लेसमेंट के रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है

गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में गांधी जी तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया है इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने कल आदेश जारी किए झूंझनूं में गांधी जयंती के अवसर पर आज जिला कलक्ट्रेट से पुलिस लाईन तक पुलिसकर्मियों ने दौड लगाई और स्वस्थ्य रहो खुश रहो का संदेश दिया इस दौड को पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सर्वाईमाधोपुर बाडमेर डूंगरपुर जालौर और झालावाड में भी सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया प्रभात फेरियों के साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों में विशेष आम सभा आयोजित की जाएगी नये सदस्य बनाए जाएंगे ऋण आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ ऋण वितरण का भी कार्य किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को नये भारत का क्रांतिकारी कदम बताया है उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं दी जा सकें

इस अर्वसर पर प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पर मोबाइल एप की शुरूआत की उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्टार्टअप बड़ी च्नौती का भी शुभारंभ किया उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में कल जयपुर में आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये

त्यौहार के सीजन में कीमतों में भारी छट को एफडीआइ नीति का उल्लंघन मानते हुए दायर एक याचिका पर कल राजस्थान उच्च न्यायालय ने ई कॉमर्स कंपनी पिलपकार्ट अमेजन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है याचिका में इस तरह के ऑफर देने पर रोक लगाने की गुहार की गई है न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर प्रारंभिक ं सुनवाई के बाद दोनों कंपनियों को ईमेल से नोटिस तामील करवाने की छूट दी है

ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा है कि राजस्थानी ही ऐसी भाषा है जो आम व्यक्ति को आपस में जोड़ने का काम करती है इस भाषा की मिठास समाज को एक सुत्र में पिरोने का काम करती है उन्होंने राजस्थान की पत्रकारिता को उच्च मापदंडों पर आधारित बताते हुए कहा कि राज्य के पत्रकारों ने निष्पक्ष और निर्भिक पत्रकारिता की है और यहां के पत्रकारों ने सरकार तथा समाज के बीच एक सेतु का काम किया है डॉ कल्ला ने कल जयपुर में प्रेस क्लब में आयोजित माणक अलंकार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही